राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले चालीस लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन पन्द्रह जनवरी से शुरू होगा झारखंड में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं मिला है राज्य के दो हजार दो सौ दस पक्षियों के सैम्पल जांच में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है राजधानी रांची में एक दिन में पारा चार डिग्री लुढका इससे ठंड बढ़ गई है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

कोरोना टीके की पहली खेप आज सुबह नौ बजे दिल्ली से विशेष एयर थर्मल कार्गो से रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी इसमें कुल सोलह हजार दो सौ वायल वैक्सीन होंगे इन वैक्सीन को नामकूम के आरसीएच स्थित वैक्सीन सेन्टर में लाया जाएगा यहीं से विभिन्न जिलों को वैक्सीन भेजी जाएगी सोलह जनवरी से शुरू होने वाली टीकाकरण अभियान से लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं वैक्सीन की एक वायल में टीके के दस डोज होते हैं इससे झारखंड के एक लाख बासठ हजार लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया जा सकेगा

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख संत्रह हजार अटठासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल एक र्सौ तिरपन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्यभर में अब तक स्वस्थ होनेवालों की क्ल संख्या बढ़कर एक लाख चौदह हजार छह सौ चौरासी पहंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ छप्पन रह गई है राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर सन्तानबे दशमलव नौ चार हो गई है

कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा बावन रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं इसके बाद धनबाद में तेईस पूर्वी सिंहभूम में अठारह बोकारो में आठ संक्रमित मिले हैं वहीं रामगढ़ में पांच संक्रमित मिले हैं गुमला और पश्चिम सिंहभूम में तीन तीन मरीज मिले हैं चतरा देवघर लोहरदगा पलामू में दो दो मरीज मिले हैं लातेहार सरायकेला सिमडेगा में एक एक मरीज मिले हैं दल बदल के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर चौथा मामला दर्ज कराया गया है विधायक दीपिका पांडे की शिकायत पर स्पीकर के ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज किया गया है इस मामले में बाबूलाल को नोटिस जारी किया गया है उन्हें एक्कीस जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है

कि अगर बाबूलाल समय पर अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो ट्रिब्यूनल एकपक्षीय फैसला ले सकता है राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले चालीस लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र भेजा है पन्द्रह जनवरी से शुरू होने वाला मूल्यांकन इस बार ओपन बुक इग्जाम के आधार पर होगा बच्चों को प्रश्न पत्र उनके घर पर पहुंचाया जाएगा उत्तर लिखने के लिए सात दिनों का समय दिया जाएगा इसके पहले बच्चों को ज्ञान सेतू अभ्यास पुस्तिका का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है आकलन पत्र बच्चों के बीच बांटने के लिए शिक्षकों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा आकलन पत्र की जांच करने के बाद उन्नीस फरवरी तक रिजल्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है राज्य के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में अठारह जनवरी से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई शुरू होगी मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और नेतरहाट आवासीय विधालयों के खुलने का आदेश जारी किया है विभाग के सचिव राहुल शर्मा के अनुसार मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के मददेनजर यह निर्णय लिया गया है उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है शीर्ष न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि वह समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे पीठ ने कहा कि हम इन कानूनो की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है

केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक पांच वर्ष प्ररे हो गये हैं

यह योजना इस विचार के साथ तैयार की गई थी कि किसानों को सबसे कम प्रीमियम देकर फसलों के जोखिम से सुरक्षा मिल सके योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केन्द्र और राज्य सरकार वहन करेंगे

झारखंड में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं मिला है

इसके अलावा एक हजार चार सौ चौंतीस नए सैम्पल जांच के लिए कोलकाता भेजे जांएगे इनमें रांची और जमशेदपुर स्थित चिड़ियाघरों के पक्षियों के सैम्पल भी शामिल हैं बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर जांच रिपोर्ट भेपाल स्थित जांच केन्द्र को भेजी जाएगी पशु स्वास्थ्य एवम उत्पाद केन्द्र के निदेशक डा विपिन कुमार महथा ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में जो भी मामले आए हैं वे एवियन फ्लू के लक्षण वाले हैं जो मनुष्य में नहीं फैलता है एवियन फ्लू के कैरियर विदेशी पक्षी हैं जो सर्दी के मौसम में भारत आते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कल खूंटी जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पार्टी के जिला कार्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया भाजयुमो के जिलाध्यक्ष राजेश महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और भाजय्मो के खूंटी जिला प्रभारी विनय जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए इस मौके पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि कैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर खूंटी की तस्वीर बदलने का काम किया सम्मेलन को भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह काशीनाथ महतो मंजू देवी विनोद नाग समेत अन्य कार्यक्ताओं ने भी संबोधित किया

मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है राजधानी रांची में एक दिन में पारा चार डिग्री नीचे चला गया है इससे ठंड में बढ़ोतरी हो गई है कल रांची का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव आठ डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि सोमवार को सोलह दशमलव तीन डिग्री था मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण उतर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाएं हैं तेरह से सोलह जनवरी तक सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी इस दौरान अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान पच्चीस से छब्बीस डिग्री और न्यूनतम नौ से दस डिग्री रहने की संभावना है

दुर्घटना में कार में सवार लोगों को हल्की चोटें आई है स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त कार को सीधा किया और उसमें सवार दो युवक और दो युवतियों को बाहर निकाला मौके पर दशम फॉल थाना पुलिस पहुंची कार पर सवार लोग जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहे थे

कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक शीर्षक को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है संतोष पाण्डे हत्याकांड में शिक्षा मंत्री के भाई बैजनाथ महतो सहित सात को उम्रकैद की सजा दिए जाने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं दैनिक जागरण ने पतरातू डैम में मिला मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है वहीं झारखंड आज पहुंचेगा टीका इसे हिन्दुस्तान ने अपनी पहली खबर बनाया है